न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

अमरीका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा

राष्ट्रपति प्रवास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छह मार्च को जबलप्र आएंगे वे यहां न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं राष्ट्रपति भेड़ाघाट भी जा सकते हैं हमारी जबलप्र संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए भेड़ाघाट में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं भेड़ाघाट स्थित पंचवटी के रेस्ट हाउस से लेकर जल प्रपात मप्र टूरिज्म और पीडब्लयूडी विश्राम गृह को अपडेट किया जा रहा है भेड़ाघाट के ध्ंआधार जलप्रपात क्षेत्र की रेलिंग से लेकर अन्य जरूरी सुविधओं पर काम शुरू कर दिया गया है

रोजाना टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है

वनरक्षक शहीद देवास जिले में इयूटी पर तैनात वनरक्षक की माफिया द्वारा गोली मारकर हत्या पर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्ख जताते हुए कहा है कि हमले में प्राण न्योछावर करने वाले वनरक्षक को शहीद के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने वन और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हए बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक स्विधाएं भी दी जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्टाफ की आवश्यक स्रक्षा के प्रबंध स्निश्चित किए जाएं इसके लिए गृह वन राजस्व आदि विभाग मिलकर संयुक्त प्रयास करें

शिकारियों को पकडऩे के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी

प्रदेश की शेष मण्डियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि फसलों के उपार्जन केंद्रों को भी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित करने की योजना तैयार की गई है नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आंगनवाड़ी में वितरित होने वाले पोषण आहार को प्रशासन के माध्यम से वितरित कराने का निर्णय लिया गया है इसी प्रकार समूह के माध्यम से ही ग्रामों में बिजली रीडिंग का कार्य कराया जायेगा इससे भी समूह की महिलाएं सशक्त बनेगी

अभियान के दौरान अपहृत बालक बालिकाओं को खोजने में पन्ना जिला प्रदेश के अग्रिम जिलों की सूची में शामिल हो गया है इस संबंध में आज पन्ना प्लिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बताया कि पन्ना प्लिस द्वारा म्स्कान अभियान कई ऐसे बच्चों को खोजकर उनके परिजनो के स्प्र्द किया गया है जो कई सालों से लापता थे बंसी कौल प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का आज निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार कल दिल्ली में होगा बंसी कौल ने भोपाल में रंग विद्षक के नाम से अपनी संस्था बनाई रंग विद्षक ने देश और द्रनिया में अपनी नाट्य शैली की वजह से अलग पहचान बनाई

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने सौवें टैस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले द्निया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत की ओर से इशांत शर्माजसप्रीत ब्मराशाहबाज़ नदीम और रविचंद्रन अश्विन ने दो दो विकेट लिए हैं इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था